मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आरोपों पर किया पलटवार कहा कई राज्यों के बजट से ज्यादा किया गया गन्ना किसानों को भुगतान लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज प्रदेश में अब तक कुल तेईस प्रत्याशियों ने किया नामांकन संयुक्त राष्ट्र ने कहा भारत में एचआईवी से ग्रस्त लोगों के तपेदिक से मरने के मामले चौरासी प्रतिशत हुए कम प्रधानमंत्री ने कहा केन्द्र और राज्य सरकारें भारत को दो हजार पच्चीस तक टीबी से मुक्त बनाने के लिए कर रही है गम्भीर प्रयास प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार अभियान तेज हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने कल से विजय संकल्प रैलियों के माध्यम से प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की शुरूआत की आगरा के आगरा कालेज मैदान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया विजय संकल्प जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा आगरा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजकुमार चाहर को विजयी बनाने और देश के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री बनाने के लिए जनता से वोट देने की अपील की है सभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एक तरफ अकेली भाजपा और दूसरे तरफ सारे दल मिले हुए है उन्होंने विपक्षी दलों से पूछा कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा लेकिन उनके पास कोई जबाब नही उन्होंने कहा कि गठबंधन इस देश का भला नही कर सकता उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बरेली में पार्टी प्रत्याशी संतोष गंगवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया पीयूष गोयल ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गाँव गरीबों और किसानों के लिए काम किया है उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जनता के मन की बात के आधार पर बनाया है केन्द्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने सम्भल जिले के पर्वासा ब्लाक क्षेत्र में एक कालेज में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि आज प्रदेश ही नहीं पूरा देश विकास के पथ पर अग्रसर है भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी श्री नड्डा ने सम्मल से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गौतमबुद्वनगर में अयोजित जनसभा में कहा कि देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और हमने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक जीत हासिल की है इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर में उमा भारती ने मुजफ्फरनगर में मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में और अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया वहीं कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के गन्ना किसानों के भुगतान में लापरवाही के आरोपों का जवाब दिया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक सत्तावन हजार करोड़ रूपये से अधिक का गन्ना किसानों का भुगतान किया है जो कई राज्यों के बजट से ज्यादा है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने औरैया जिले में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश से भ्रष्टाचार आतंकवाद और गरीबी मिटाना चाहते हैं प्रदेश के मंत्रियों और नेताओं ने भी विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार किया केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए झुठ और जालसाजी का सहारा ले रही है एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जाली और मनगढ़ंत फोटो कॉपिया तैयार की और उन्हें भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा की डायरी के पन्ने बताकर प्रचारित किया समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है पार्टी ने कल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा की थी कि श्री मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन है इस चरण के लिए अब तक क्ल तेईस प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये हैं पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्दनगर में मतदान होगा वहीं दूसरे चरण के लिए कल तक नामांकन किये जायेंगे इस चरण में अब तक तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किये दूसरे चरण में अमरोहा अलीगढ़ मथुरा फतेहपुर सीकरी सीटों के साथ नगीना सुरक्षित बुलन्दशहर सुरक्षित हाथरस सुरक्षित और आगरा सुरक्षित सीट पर अठगरह अप्रैल को मतदान होगा कांप्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबबर आज फतेहपुर सीकरी सीट के लिए नामांकन करेंगे

देश भर में विश्व तपेदिक दिवस पर कल लोगों में टीबी रोग यानि तपेदिक से स्वास्थ्य संबधी सामाजिक और आर्थिक नुकसान तथा इसे रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये गये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर भारत को टीबी रोग से मुक्त कराने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें भारत को दो हजार पच्चीस तक दीबी रोग से मुक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में एचआईवी से ग्रस्त लोगों के तपेदिक से मरने के मामले वर्ष दो हजार सत्रह तक चौरासी प्रतिशत कम हो गए थे संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के मुताबिक यह बीस से ज्यादा देशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है और वर्ष दो हजार बीस की समय सीमा से तीन वर्ष पहले ही हासिल की गयी उपलब्धि है इस कार्यक्रम के तहत एचआईवी ग्रस्त रोगियों के टीबी से मरने के मामलों में वर्ष दो हजार बीस तक पछत्तर प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में ऐसे मामले वर्ष दो हजार दस की तुलना में बयालिस प्रतिशत कम हो गए हैं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद उन्नीस मई की शाम से पहले नहीं किया जा सकता आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि टेलीविजन रेडियो चैनल केबल नेटवर्क वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चैनल में मतदान खत्म होने से अड़तालिस घंटे पहले तक उनके कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी दल विशेष अथवा उम्मीदवार का प्रचार या उसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह दिखाया जाये परामर्श में मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विश्लेषण शामिल हैं आयोग का कहना है कि वह चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखेगा फिरोजाबाद में निर्वाचन कार्यो में लापरवाही बरतने पर एक लेखपाल और एक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है इसके साथ ही पँच आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद ने यह जानकारी दी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है और इसकी पहचान अवसरों के केन्द्र तथा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में की जाती है उन्होंने कहा कि इस उपलधि का श्रेय देश के वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए श्री नायडू कल गोवा में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं तथा स्टॉफ को संबोधित कर रहे थे विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त से दो हिन्दू लड़कियों के अपहरण के बारे में रिपोर्ट मांगी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली की पूर्व संध्या पर दो लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था तेरह वर्ष की रवीना और पन्द्रह वर्ष की रीना के अपहरण के बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया यह घटना सिंध के घोट जिले के ढार्की कस्बे की है इस घटना के बाद पाकिस्तान में हिन्दू समुदाय ने व्यापक धरने प्रदर्शन किए